इस तरह का अध्यादेश लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है

इसके साथ ही यह भारतीय रेलवे में ई ऑफिस शुरू करने वाला तीसरा जोन बन गया है उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक राजेश तिवारी ने इसकी शुरूआत करते हुए कहा कि ई ऑफिस एक आसान और सुगम फ्लेटफोर्म है और इसमें रखी फाइल को कभी भी निकाला जा सकता है उन्होंने कहा कि इसमें की गई नोटिंग और फाइल के पेज में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है इसलिये इस प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है